मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से कल दो सौ बीस और एक सौ बत्तीस केवी के सत्ताइस उपकेन्द्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में राज्य गुड़ महोत्सव का किया शुभारम्भ गुड़ के औषधीय महत्व की दी जा रही है जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षकर्धन ने कल आगरा में कोविड जांच के लिए नैदानिक केंद्र का किया उदघाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उददेश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं है बल्कि न्याय को अक्षुण्ण बनाये रखना भी है इससे न्याय प्रक्रिया को धीमा करने वाले व्यवधानों को खत्म करने में मदद मिलेगी अदालती कार्यवाही और प्रक्रियाओं में मौजूद लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निमानी आवश्यक हो जाती है राष्ट्रीय एवं अंतर्र्यष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनवेशंस को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है मुझे विश्वास है न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विर्मा किया जाएगा और कार्यवाही के बिंदु तय किए जाएंगे राष्ट्रपति कल मध्यप्रदेश के जबलपुर में अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के समारोह को सम्बोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की जरूरत है राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में बडी संख्या में मामले आने लगे हैं और ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तथा कम समय में निपटाया जाए हमारी लोकर प्यूडियरी देश की न्यायिक व्यवस्था का आघारमूत अंग है उसमें प्रवेश से पहले सैद्वांतिक ज्ञान रखने वाले लॉ स्टूडेंट्स को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायायीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियां कर रही हैं अब जरूरत है कि देश की अदालतों विशेष रूप से जिला अदालतों में लवित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य ज्यूडिशियल एवं क्वॉसी ज्यूडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है शीर्ष न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें बार एसोसिएशनों के सुझावों को भी शामिल किया गया है न्यायालय ने मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट योजना तैयार की है इसके अनुसार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्व किया गया है हालांकि इस दौरान सोमवार और शुक्रवार सहित दूसरे सभी दिनों में सूचीबद्ध अन्य मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने आवास से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक हजार नौ सौ बीस करोड़ रूपये की लागत के दो सौ बीस एवं एक सौ बत्तीस के वी के सत्ताइस उपकेन्द्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली उपकेन्द्रों की संख्या बढ़ने से निर्बाध बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और बिजली का बिल जमा करने की प्रक्रिया भी सरल हो जायेगी उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्यता ने किसानों की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है जिन बिजली उपकेन्द्रों का लोकार्पण हुआ उनमें दो सौ बीस एवं एक सौ बत्तीस के री के उपकेन्द्र बुलंदशहर मुजफ्फरनगर अयोध्या चित्रकूट सीतापुर मिर्जापुर लखनऊ वाराणसी फतेहपुर और गोण्डा में स्थापित हुए हैं वहीं झांसी लखनऊ मुजफ्फरनगर आगरा सहारनपुर महाराजगंज अयोध्या बस्ती बांदा बागपत और कुशीनगर में दो सौ बीस के वी क्षमता के दस और एक सौ बत्तीस केवी क्षमता के छह पारेषण उपकेन्द्रों का शिलान्यास हुआ इन परियोजनाओं से राज्य की जनता को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याए बतायीं मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गम्भीरता से लागू कर रही है इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रथम पुरस्कार दिया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारम्म किया इसका आयोजन राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गुड़ के औषधीय महत्व की जानकारी देना है कार्यक्रम में गुड़ उत्पादकों के साथ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीकी के बारे में चर्चा की जायेगी गौरतलब है कि गुड़ को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या मुजफ्फरनगर और लखीमपुर का उत्पाद चुना गया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की राज्यानी लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इस समय गुड और सह उत्पादों की सौंधी महक से भरा हुआ है जहां प्रदेश के विमिन्न स्थानों से आए हुए गुण चत्पादकों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी तगाई है आयुर्वेद में गुढ को पोषक तर्कों से पूर्ण और विमिन्न औषषि गुणों से परिपूर्ण बताया गया है

महोत्सव में कई प्रकार का गुड़ जैसे सॉठ वाला गुण केसर युक्त गुण इलायची वाला गुड़ तिल मूंगफली काजू और बादाम वाले गुड की यहां स्टाल लगी हुई हैं गुड़ की खीर अपृता चाय गुड़ का लड़ू गुड़ की कुल्फी गुड़ का हलवा गुड़ का जलेबा और गुड़ की मीठी पुर्डिंग लोगों को बेहद बेहद आकर्षित कर रहे हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि इस महोत्सव से प्रदेश में गुड़ रद्वोग के विकास में तेजी आएगी वही गुड उत्पादकों की न सिर्फ स्थानीय बाजार बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनेगी एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनउ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षकर्धन ने कल आगरा में कोविड जांच के लिए नैदानिक केंद्र का उदघाटन किया

स्वास्थ्य मंत्री ने आगरा में आई सी एम आर के राष्ट्रीय कुष्ठ रोग और सूक्ष्म जीवाणु संस्थान के भवन के नए अनुसंघान खंड का भी उदघाटन किया जिसमें कोविड परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है नए भवन खंड के निर्माण से बैक्टीरिया की नई किस्मों की जीनोम सीक्येंसिंग करने और दवाएं बनाने में मदद मिलेगी इस अवसर पर डॉ हर्षवर्धन ने महामारी से निपटने में आई सी एम आर की भूमिका की सराहना की उन्होंने देश से तपेदिक के उन्मूलन में संस्थान के प्रयासों को सराहा

श्री योगी कल लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश के पहले संस्करण का विमोचन और कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि रामायण विश्व महाकोश हमें विज्ञान और आध्यात्म के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर देगा

उन्होंने कहा कि पाण्ड्लिपियों को संरक्षित करने के साथ ही इन्हें अगली पीढ़ी को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराना चाहिए प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये चलाये जा रहे मिशन शक्ति के तहत कल अयोध्या में श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों और बेटियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया इस दौरान सत्तर बालिकाओं को साइकिल वितरित की गयीं इसके अलावा तीस पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों को शिशु मातृत्व लाभ का प्रमाण पत्र दिया गया उप श्रम आयुक्त ने बताया कि जिले में यह अभियान कल महिला दिवस तक आयोजित किया जाएगा उन्होंने पजीकरण से छूट गये श्रमिकों से अपील की है कि वे आगामी तीस मार्च तक अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करायें पीटीसी देश में अब तक एक करोड चौरानबे लाख सन्तानबे हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले चौबीस घंटे में वैक्सीन की चौदह लाख बानबे हजार दो सौ एक खुराक दी गई इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छान्नबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है अब तक कोविड नाइन्टीन से एक करोड आठ लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं सरकार ने अब गाडियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी इकत्तीस अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करवाना होगा